श्री योगी ने बताया कि राज्य सरकार ने एक लाख से अधिक राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये ग्लोबल मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध करा रही है उन्होंने कहा कि इस कड़ी में ऑन लाइन मार्केटिंग कम्पनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के एक सौ अट्ठारह स्टॉल लगाये गये हैं उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी से कारीगरों और शिल्पियों के लिये बड़े बाजार उपलब्ध होंगे

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में बताया

इस संगठन के बारे में और भी जानकारी इक्ट्वा की जा रही है इनके फाइनेंशिएयल ट्रांजेक्शन्स की भी जानकारी ली जा रही है और इसमें केंद्रीय एजेंसीज का भी सहयोग लिया जा रहा है पिछले वर्ष दिसम्बर में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में इस संगठन की संदिग्ध भागीदारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी लखनऊ में आयोजित होने वाले पांच दिवसीय डिफेंस एक्सपो की तैयारियां जोरों पर है

इसमें देश के अंतरिक्ष रक्षा और अन्य सुरक्षा संबंधी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा

ये पिछली बार चेन्नई में हुए डिफेंस एक्स्पो से भी ज्यादा है जहां सात सौ दो प्रदर्शनियां लगाई गई थीं

एक्स्पो के दौरान बड़ी संख्या में समझौता पत्रों पर भी दस्तखत होने के आसार है जिससे नयी व्यापारिक साझेदारियों को बल मिलेगा राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा कि एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर युवाओं में भाईचार अनुशासन नेतृत्व और देशप्रेम जैसे भावों को विकसित करने का कार्य करती है इसके कैडिट समाजसेवा के अभियानों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है श्रीमती पटेल आज राजभवन में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से लौटे एनसीसी कैडिट को सम्मानित कर रही थी

राज्यपाल ने सभी कैडिट्स को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व कर उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है निर्भया मामले के चारों दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली केन्द्र की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि न्यायालय सभी पक्षों के दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश देगा केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल न्यायालय को बताया कि सजायाफ्ता दोषियों की ओर से सुनियोजित तरीके से जानबूझकर न्याय का रास्ता रोकने आर फांसी की सजा में देरी के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं श्री मेहता ने कहा कि चारों को अब बिल्कुल समय नहीं दिया जाना चाहिए चारों की दलील है कि एक ही आदेश से उनको मौत की सजा सुनाई गई है इसलिए उन्हें अलग अलग फांसी नहीं दी जानी चाहिए

इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विदेश मंत्री एस जयशंकर गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी शामिल हैं संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा बाइट आज एक टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है भारत के अंदर जो स्थिति देखते हए क्या प्रीकॉशन मेजर्स लेना चाहिए अभी चाइना को वायरस डिसीज में विदेशों से जो भी पैसेंजर्स आते उसके लिए कैसा प्रीकॉशन लेकर उसका चौकिंग करना चाहिए और भारत में ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस के फैलाव पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर थाइलैंड और सिंगापुर से भारत आने वाले यात्रियों पर भी नजर रखी जा रही है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 डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं उन्होंने कहा हमारी लोगों से यही अपील है कि कोई भी आपके आसपास चाइना से ट्रेवल करके आया है खासकर एक महीने के अंदर अंदर जनवरी के महीने में तो उसके बारे में जानकारी भी दे और उस व्यक्ति से भी हमारा ये कहना है कि कम से कम अपना टेस्ट कराएं अपने को अस्पताल के संपर्क में रखे मैं व्यक्तिगत तौर पर केरला की जो हेत्थ मिनिस्टर हैं टीचर उनके साथ भी मैं लगातार टच बनाये हुए हूं और उनको हमने कहा है कि भारत सरकार की तरफ से केरल को किसी भी प्रकार का इस विषय पर सपोर्ट चाहिए तो हम उनके साथ हैं कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से हाल ही में लौटे और उनके सम्पर्क में आए लोगों को सलाह दी गई है कि वे नियंत्रण कक्षों में अपनी चिकित्सा जांच करवाएं इन लोगों को घर में दो सप्ताह तक बाकी सदस्यों से अलग रहने के लिए भी कहा गया है चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कई उपाए हैं जिनमें नियमित रूप से हाथ साफ करना और खांसते समय टिश्यू पेपर या रूमाल का इस्तेमाल करना शामिल है आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि लोगों विशेष रूप से चीन से आए लोगों को ये उपाए करने चाहिए

चीन के पासपोर्टधारका के लिए ई वीजा सुविधा अस्थाई रूप से निलंबित कर दी गई है चीन से व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन वीजा आवेदन की सुविधा भी निलंबित कर दी गई है चीन के नागरिकों के लिए पहले जारी किए जा चूके वीजा अस्थाई रूप से वैध नहों रहे अत्याधिक जरूरत पड़ने पर भारत यात्रा के इच्छुक लोग पेइचिंग में भारतीय दूतावास या शंघाई और गुआंगझो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास से सम्पर्क कर सकते हैं

इन यात्रियों की निगरानी की जा रही है संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर मानेसर से एक व्यक्ति को सेना के बेस अस्पताल में भेजा गया है आर उसकी हालत स्थिर है